मुख्यमंत्री ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया

मुख्यमंत्री आई आई एम मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि मैनेजमेंट के लिये कौशल विकास और संवाद का होना आवश्यक है तभी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है

उन्होने कहा कि कृषि और उद्योगों के विकास के लिए कार्य करना होगा तभी प्रदेश का चहुंमुखी विकास हो सकेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के कृषि विश्वविद्यालय कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं

उन्होंने ने आईआईएम द्वारा उत्पादित सामग्री और यंत्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के साथ स्टालों का निरीक्षण किया इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि इस संस्थान में जो विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं वे देश का भविष्य हैं और आने वाले समय में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेगें

सूचना मिलने पर जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन एसडीआरफ और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया

ये सभी दिल्ली के थे जबकि बाइक सवार ऋषिकेश के रहने वाले थे हादसे के बाद देर रात से बंद केदारनाथ हाईवे को अब आवागमन के लिए खोल दिया गया है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दूर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये की सहायता दिए जाने के साथ ही वाहन दुर्घटना की मजिस्ट्रिटी जांच के निर्देश दिये हैं

हरिद्वार में प्रस्तावित इस पर्सनालाइज्ड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और रोपवे परियोजना को दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा बनाया जायेगा प्रदेश सरकार की ओर से शहरी विकास एवं आवास मंत्री मदन कौशिक और दिल्ली मेट्रो रेल कारर्पोरेशन के बीच अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर किये गये

इस मौके पर मदन कौशिक ने कहा कि पर्सनलाइज्ड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और रोपवे परियोजना का उद्देश्य हरिद्वार में एक ऐसी सरल और सुगम यातायात प्रणाली को स्थापित करना है जिससे पर्यटक हरिद्वार दर्शन का आनन्द ले सकें उन्होंने कहा कि यह परियोजना हरिद्वार के लिए बड़ी सौगात है

पांडुलिपि संरक्षण कार्यशाला केन्द्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और टिहरी के पुराना दरबार ट्रस्ट के सौजन्य से श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाहीथौल में पांड्लिपि संरक्षण पर पांच दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में विशेषज्ञों ने पांडुलिपि संरक्षण के तरीके और तकनीक की जानकारी दी इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों से संग्रहित पांडुलिपियों का प्रदर्शन किया गया और उन्हें लंबे समय तक संरक्षित करने के तरीके बताए गए इस मौके पर दरबार ट्रस्ट द्वारा आजादी से पहले के रियासत कालीन अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज राज्य चिन्ह और अन्य दस्तावेजों का प्रदर्शन भी किया गया कार्यशाला में पांडुलिपि विश्लेषण की विशेषज्ञ टीम दरबार ट्रस्ट के शोधार्थियों के साथ ही एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय और श्री देव सुमन राज्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और शोध छात्रों ने भाग लिया कार्यशाला में यह बात भी उभर कर सामने आई कि गढ़वाल क्षेत्र की हजारों पांडुलिपियों का अभी तक वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण और उन पर शोध कार्य नहीं हो पाया है इससे पांडुलिपियों के नष्ट होने की प्रक्रिया जारी है दीपावली मेला कूर्मांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद द्वारा आयोजित दीपावली मेला आज देहरादून में शुरू हुआ इसका उद्घाटन करते हुए मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कहा कि कुर्मांचल परिषद कुमाऊंनी संस्कृति को जीवंत रखने का कार्य कर रही है और संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण के लिए अपनी देश भर में फैली शाखाओं के माध्यम से कार्य कर रही है इस अवसर पर उन्होंने परिषद की एक पुस्तिका का विमोचन भी किया जी एस टी एन राज्य कर विभाग ने प्रदेश के व्यवसायियों को जीएसटीएन द्वारा विकसित नई रिटर्न प्रणाली के लाभ और इसके सुगम और सहज प्रारूपों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है देहरादून में आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के पहले सत्र में राज्य और केन्द्रीय कर अधिकारियों को सयुंक्त रूप से और दूसरे चरण में गढ़वाल जोन के सभी स्टेक होल्डर्स को प्रशिक्षण दिया गया इस दौरान जी एस टी एन के प्रवक्ता कपिल जोशी ने लोगों की शंकाओं और सवालों का समाधान करते हुए नई रिटर्न के ऑफ लाइन ट्रल के बारे में भी बताया

इस मौके पर उन्होंने स्टेक होल्डर्स से अनुरोध किया कि जीएसटी की वेबसाइट पर मौजूद इसके ट्रायल वर्जन का आप उपयोग करें तथा करके फीडबैक जीएसटीएन को उपलब्ध कराए ताकि पेश आ रही कठिनाइयों का निराकरण रिटर्न को लागू करने से पहले ही किया जा सके

उन्होंने बताया कि यह सभी बसें अत्याध्रनिक सुविधाओं से लैस हैं होम स्टे प्रदेश में होम स्टे कारोबारियों को प्रोत्साहित करने और इसके व्यापक प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद् द्वारा होम स्टे व्यवसाइयों के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया है इसके तहत होम स्टे स्वामियों को आतिथ्य सत्कार और अन्य कौशल विकास का भी प्रशिक्षण चरणबद्ध तरीके से दिया जा रहा है प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रश्नोत्तर सत्र भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रशिक्षकों द्वारा होम स्टे व्यवसाईयों की समस्याओं का समाधान किया जाता है पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा कि होम स्टे व्यवसाईयों को सशक्त करने के उद्देश्य से इस प्रकार के कार्यक्रमों का वृहद रूप से आगे भी आयोजन किया जाता रहेगा राज्य सरकार की प्राथमिकता राज्य के उद्यमियों को इस माध्यम से जोड़कर अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने की है इससे पलायन और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निजात पाने में भी मदद मिलेगी आतंकी शिविरों पर हमला भारत ने पाकिस्तानी सेना द्वारा फिर संघर्ष विराम उल्लंघन के जवाब में आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की उन चौकियों को भी निशाना बनाया जहां से भारत में आतंकियों की घुसपैठ में मदद दी जा रही थी सेना ने आतंकी शिविरों को निशाना बनाने के लिए तोपों का इस्तेमाल भी किया सेना की कार्रवाई में नीलम घाटी स्थित कुछ आतंकी ठिकाने नष्ट हो गये और इस कार्रवाई में कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है भारतीय सेना ने यह कार्रवाई क्पवाड़ा जिले के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की अकारण गोलीबारी के जवाब में की यातायात समीक्षा बैठक यातायात नियमों का पालन न करने के चलते होने वाली सड़क द्र्घटनाओं पर अंकृश लगाने के लिए जिला प्रशासन नैनीताल ने अब और ज्यादा सख्ती दिखाते हुए वाहन सीज करने के साथ वाहन चालक का ड्राइविंग लाईसेंस भी निरस्त करने को कहा है जिलाधिकारी ने सड़क सुरक्षा और शहर की यातायात व्यवस्था की समीक्षा करते हुए यह बात कही उन्होंने निर्देश दिये कि वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन आपसी तालमेल से यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करना सुनिश्चित करें इसके अलावा जिलाधिकारी ने एआरटीओ को निर्देश दिये कि रूट के आधार पर चलने वाले ऑटो आदि पर कलर कोडिंग भी की जाये ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऑटो तय रूट पर ही चल रहा है